राज्य सरकार ने किसान और खेतीहर मजदूरों के हित में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का दायरा बढ़ाया प्रदेश में जल्द ही एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू की जायेगी शुरुआत होगी अजमेर जिले के केकड़ी से

वे संयुक्त राष्ट्र में गांधी सौर पार्क का उदघाटन करेंगे

आज ही प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छ भारत मिशन के कुशल नेतृत्व के लिये बिल और मेलिन्डा गेट फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवॉर्ड से सम्मानित किया जायेगा

आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही इस रेलगाड़ी को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

जबकि पुराने नियम के मुताबिक तीस प्रतिशत की दर से फैमेली पेंशन मिलती थी ये संशोधन अगले महीने की एक तारीख से लागू होगा

नई दिल्ली में कल इस पहल की शुरूआत करते हुए केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जीनसे संबंधित जन्म और अनुवांशिकीय बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं

ये समितियां राज्य निधि और केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत योजनाओं राज्य सरकार की बजट घोषणाओं चुनाव घोषणा पत्र में वर्णित घोषणाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा करेंगी

इससे खेत में काम करते समय या किसी और कारण से द्र्घटना होने पर भी पीड़ित किसान और खेतीहर मजदूर को योजना का लाभ मिल सकेगा

ज्ञापन में अफीम नीति में मार्फिन नियम समाप्त करने और चित्तौडगढ में अफीम फैक्ट्री खोलने की मांग की गई है

विशेष दल को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस कदम से महिला सुरक्षा को मजबूती मिलेगी इस दौरान पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौजूद रहे

इसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने की बैठक में मंत्री शांति धारीवाल गोविन्द सिंह डोटासरा भंवर लाल मेघवाल और हरिश चौधरी ने हिस्सा लिया

खाद्य और आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी परिवार अंत्योदय योजना में तो है लेकिन उन्होंने कभी गेंहू नहीं खरीदा है श्री मीणा र्न कहा कि ऐसे लोगों को अपात्र घोषित किया गया है और जल्द ही इनके नाम योजना से हटाए जाएंगे उन्होंने बताया कि अब पैक उपभोक्ता वस्तुओं के भ्रामक विज्ञापनों के लिए वस्तु निर्माता कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जायेगी

इसकी शुरुआत अजमेर जिले के केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय से की जायेगी इस नयी प्रणाली के तहत मरीज घर से ही सरकारी अस्पताल में पंजीयन करा सकेगा इससे उसे लम्बी कतार में लगने से निजात मिलेगी वहीं मरीज की बीमारी का रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होगी गौरतलब है कि इस प्रणाली के तहत मरीज की सम्पूर्ण जानकारी भामाशाह आईडी से लिंक रहेगी और प्रत्येक बीमार को एक यूनिक एचआईडी नम्बर आवंटित किया जायेगा जिसे बताने पर सम्बन्धित मरीज का सारा रिकॉर्ड सामने आ जायेगा

डॉक्टर को महिला द्वारा चप्पल से पीटे जाने को लेकर सरकारी अस्पताल के सभी डॉक्टर्स हडताल पर चले गये है